उन्होंने जांग में स्वदेश दर्शन के तहत निर्मित इको लॉग हट का भी उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने जांग वाटर फॉल के दर्शन के लिए एक गैलरी का शुभारंभ किया श्री खांडू और रिजिजू ने दिरांग स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एण्ड एलायड स्पोर्टस निमास के परिसर में इस संस्थान के निदेशक और प्रशिक्षणार्थियो के साथ मुलाकात की

वे कल त्रिपुरा के पश्चिम जिले के तुलाकोना औद्योगिक क्षेत्र में एक मेगा फूड पार्क का दौरा करने के बाद भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस पार्क की स्थापना से बड़ी संख्या में युवाओ को रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्ववस्था में सुधार आएगा श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश भर में बयालीस नए फुड पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है इनमें से एक एक मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किए जाएगें

वे छप्पन वर्ष के थे अरुणाचल प्रदेश मीडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक तारों चातुंग जी पिछले कई महीनों से कैंसर से पीड़ित थे और उनका तोमो रिबा स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा था उन्होंने राज्य की प्रशासनिक सेवा परीक्षा में सफलता के बावजूद पत्रकारिता और फिल्म निर्माण को अपनाया राज्य के लोगो के बीच विभिन्न विषयों पर बेबाक टिप्पणी और स्थानीय मुद्दों पर फिल्म निर्माण के लिए तारों चातुंग जी लोकप्रिय थे राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश प्रेस क्लब सहित प्रदेश के कई संगठनों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है अपने शोक संदेश में श्री खाण्डू ने कहा है कि दूरदर्शन केंद्र ईटानगर से प्रसारित तारो चातुंग जी के न्यूज एण्ड व्यूज कार्यक्रम को देखकर हम बड़े हुए है मुख्यंमत्री ने कहा है कि उनके निधन से राज्य ने एक ऐसे महान व्यक्ति को खो दिया है जिन्हे प्रदेश के ऐतिहासिक राजनीतिक और सामाजिक पहलुओ की गहरी समझ थी अरुणाचल प्रंस क्लब में उनके पार्थिव शरीर को लोगो के दर्शन के लिए रखा गया जहां मीडिया कर्मियो ने उन्हें श्रद्धांजलि दी

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपात स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओ के लिए क्षेत्र के लोंगो को राजधानी ईटानगर या पड़ोसी राज्य के बड़े अस्पतालों में जाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इसी को ध्यान में रखकर एंबुलेंस सेवा शुरु की गई है उन्होंने स्वीकार किया कि राजमार्ग के निर्माण में विलंब से लेपारादा से आलों या ईटानगर आने के लिए लोगो को मुस्किलों का सामना करना पड़ रहा है श्री गोकर बासार ने सड़क निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा कराने के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया

ऑपरेशन मेगद्रत में भाग लेने वाले सैनिको की निस्वार्थ सेवा की याद में यहडाक टिकट जारी किया गया है इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक इंफेट्री के जवानों को जल्द अत्याधुनिक राईफल मुहैया कराई जाएगी

श्री सोना ने उन्हें हार्दिक श्रभकामनाए दी विधानसभा अध्यक्ष आगामी सोमवार को श्रीमती चाकत अबोह को राज्य विधानसभा के सदस्य पद की शपथ दिलाएंगे

अरुणाचल हिंदी संस्थान ईटानगर द्वारा विद्यार्थियों को शुद्ध हिंदी भाषा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग ने कहा कि हिंदी भाषा राज्य के लोंगो को एक सूत्र में पिरोती है

पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य की बीस टीमें हिस्सा ले रही है प्रतियोगिता का उद्घाटन करने हुए स्थानीय विधायक तानिया सोकी ने यूवाओ से स्वास्थ्य के साथ अन्य विकास कार्यों पर ध्यान देने का आह्वान किया उन्होंने युवाओ से फिट इंडिया मुवमेंट से जुड़कर स्वस्थ और विकसित भारत के सपने को साकार करने की अपील की

आज का अधिकतम तापमान इक्कीस दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान अट्ठारह दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान आठ दशमलव छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई